राज्य मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि प्रदेश के माडा क्षेत्रों के ग्रामीणों को भी अब हर महीने दो किलो चना पांच रूपये किलो की दर से दिया जाएगा सुकमा जिले में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में तीन माओवादी मारे गए

रबी फसल समर्थन मूल्य केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए गेहूं सहित सात रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मुल्य बढ़ाने का निर्णय लिया है आर्थिक मामलों से संबंधित केंद्रीय समिति ने उन रवी फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया है जिनका विपणन अगले वित्तीय वर्ष में किया जाएगा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य एक सौ पांच रूपये प्रति क्विंटल क सुम बीज का आठ सौ पैंतालीस रूपये प्रति क्विंटल जौ तीस रूपये मसूर दो सौ पच्चीस रूपये चना दो सौ बीस रूपये और सरसो तथा सफेद सरसो का न्यूनतम समर्थन मूल्य दो सौ रूपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों की आज नई दिल्ली में जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा तय किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य इन फसलों की उत्पादन लागत से काफी ज्यादा है उन्होंने कहा कि यह निर्णय किसानों की आमदनी दोगुनी करने की दिशा में एक कदम है न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने से किसानों को लगभग बासठ हजार करोड़ रूपये की अतिरिक्त आमदनी होगी मंत्रिपरिषद निर्णय प्रदेश के माडा क्षेत्रों के ग्रामीणों को भी अब हर महीने दो किलो चना पांच रूपये किलो की दर से दिया जाएगा यह घोषणा आज मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मंत्रिपरिषद की बैठक में की इसका लाभ राज्य के लगभग एक लाख सत्ताईस हजार राशन कार्डधारक परिवारों को मिलेगा बैठक में बताया गया कि माडा क्षेत्रों के एक हजार अस्सी गांवों में रहने वाले राशन कार्डधारकों को छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम दो हजार बारह के तहत हर महीने चने दिए जाएंगे गौरतलब है कि माडा क्षेत्र उन दस हजार या उससे ज्यादा आबादी वाले एक से ज्यादा राजस्व गांवों के ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जहां पचास प्रतिशत से अधिक जनसंख्या आदिवासियों की होती है छत्तीसगढ़ के सात जिलों में नौ माडा क्षेत्र हैं इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति बहुल माडा क्षेत्रों में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा और कमार समुदायों के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा मंत्रिपरिषद की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयीन शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम प्रदेश में लागू किया जाएगा इसके अन्तर्गत चिकित्सा और दंत चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार स्वशासी समिति के पास होगा इन नियमों के तहत अधिष्ठाता प्राचार्य और अस्पताल अधीक्षक जैसे प्रशासनिक पदों पर भर्ती नहीं की जा सकेगी वहीं कैबिनेट ने पशुधन विकास विभाग के अन्तर्गत पंजीकृत और संचालित गौ शालाओं को सौर सुजला योजना के तहत सोलर पम्प दिए जाने का भी निर्णय लिया है इससे गौ शालाओं को पशुओं के लिए पेयजल और चारा उत्पादन के लिए सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी प्रधानमंत्री प्रस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज नई दिल्ली में पर्यावरण संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च प्रस्कार चैंपियन्स ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने श्री मोदी को यह पुरस्कार प्रदान किया प्रधानमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में अग्रणी भूमिका और वर्ष दो हजार बाईस तक भारत में प्लास्टिक का उपयोग समाप्त करने के अभूतपूर्व संकल्प के लिए नेतृत्व श्रेणी में चुना गया यह वार्षिक पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सरकारी सामाजिक और निजी क्षेत्र के विशिष्ट नेताओं को दिया जाता है सम्मान प्राप्त करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि यह सवा सौ करोड़ देशवासियों का सम्मान है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं उन्होंने कहा कि यह आदिवासी मछुआरों और किसानों के प्रति सम्मान है चैंपियन्स ऑफ द अर्थ अवार्ड उन करोड़ों किसानों का सम्मान है जो इस मिट्टी को अपने प्राणों से भी प्रिय मानते हैं ये भारत की उस महान नारी का सम्मान है जिसके लिए सदियों से री यूज और री साइकल रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा रहा है ये भारत में प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले अनाम चेहरों का सम्मान है प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण सदियों से भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा रहा है उन्होंने कहा कि जलवायु और आपदा से संस्कृति का सीधा रिश्ता रहा है अगर संस्कृति का जोर पर्यावरण पर नहीं हो तो आपदाओं से बचा नहीं जा सकेगा

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आज एक सादे समारोह में उन्हें इस पद की शपथ दिलाई न्यायमूर्ति गोगोई ने न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा का स्थान लिया है जो कल सेवानिवृत हो गए न्यायमूर्ति गोगोई सत्रह नवम्बर दो हजार उन्नीस तक इस पद पर बने रहेंगे शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अरूण जेटली सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे

वहीं एक अन्य माओवादी को गिरफ्तार किया गया है पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने बताया कि आज सुबह पुलिस की टीम सर्चिंग पर निकली थी इस दौरान देतेवाड़ा जिले की सीमा पर मुलेर गांव के पास माओवादियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें तीन माओवादी मारे गए इनमें एक मिलिशिया कमांडर भी शामिल है पुलिस ने घटनास्थल से चार भरमार बंद्रक तीन सौ पंद्रह बोर का एक कटटा और पाइप बम बरामद किया है वहीं इसी जिले के मरईगुंडा से माओवादियों ने बारहवीं कक्षा के एक छात्र का अपहरण कर लिया है यह छात्र मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहा था तभी माओवादी उसे मोटरसाइकिल सहित अपने साथ ले गए इसके बाद अपहित छात्र पोड़ियम मुकेश की रिहाई के लिए मरईगुंडा के विद्यार्थियों ने रैली निकालकर माओवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की इधर नारायणपुर जिले में एक महिला सहित तीन माओवादियों ने बस्तर आईजी विवेकानंद सिन्हा के सामने आत्मसमर्पण किया है पदयात्रा माओवादियों द्वारा लगातार हो रही हत्याओं को लेकर छह राज्यों के करीब एक सौ पचास लोगों ने कल से पदयात्रा शुरू की है यह पदयात्रा छत्तीसगढ़ से लगे तेलंगाना राज्य के चट्टी गांव से शुरू हुई है यह पदयात्रा दस दिनों तक चलेगी इस दौरान ये लोग एक सौ छियासी किलोमीटर का सफर तय कर बारह अक्टूबर को जगदलपुर पहंचेंगे जहां एक महारैली और एक सभा का आयोजन किया जाएगा इस सभा को बस्तर डायलॉग वन का नाम दिया गया है यह पदयात्रा का उद्देश्य माओवादियों को हिंसा का रास्ता छोड़ शांति और बातचीत का रास्ता अपनाने का संदेश देने के लिए निकाली जा रही है

साथ ही मुख्यमंत्री ने इसी परिसर में स्थित स्नातकोत्तर संस्थान और अनुसंधान केन्द्र का भी उद्घाटन किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने आज एक नए युग में प्रवेश किया है उन्होंने कहा कि राज्य शासन द्वारा संचालित स्वास्थ्य सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ जरूरतमंद और गरीब मरीजों तक पहुंचाना डॉक्टरों की एक बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी है इस अस्पताल में बीस आधुनिक ऑपरेशन थियेटर और एक ंसौ पच्चीस बिस्तरों की क्रिटिकल केयर यूनिट की भी स्थापना की गई है गौरतलब है कि राज्य सरकार ने पुराने डीकेएस मंत्रालय भवन को एक सौ चालीस करोड़ रूपए की लागत से प्रदेशवासियों के लिए सुपरस्पेश्यलिटी अस्पताल के रूप में विकसित किया है हादसा बलरामपुर जिले में छुईखदान से छुई निकालते समय मिट्टी धसकने से दो महिलाओं की मौत हो गई जबकि एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है

निकालने के दौरान तीनों महिलाओं पर अचानक भरभराकर मिट्टी गिर जाने से दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई घायल महिला का इलाज रामानुजनगंज स्वास्थ्य केन्द्र में चल रहा है संक्षिप्त समाचार बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने आज राजधानी रायपुर में विरोध प्रदर्शन किया राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव की अगुवाई में राजभवन घेरने जा रही इन महिलाओं को पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक दिया आम आदमी पार्टी की झाड़ चलाओ यात्रा के दौरान आज दिल्ली के कैबिनेट मंत्री और प्रदेश प्रभारी गोपाल राय ने सुकमा में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने रायगढ़ में और अलका लांबा ने रायपुर में जनसभाएं लीं